प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इस अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए निधि आवंटित करती है सरकार ने रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित केंद्रीय योजना को भी तीन साल के लिए बढ़ा दिया है

यह योजना केंद्रीय सिल्क बोर्ड सीएसबी के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी

नयी यूरिया नीति के तहत ऊर्जा मानकों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है

इसके तहत कानून अधिसूचित होने के तीन महीने के भीतर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बोर्ड तथा अपीलीय प्राधिकरण का गठन होगा प्रस्तावित कानून से अनैतिक सरोगेसी पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और व्यवसायिक सरोगेसी को रोका जा सकेगा

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नये कानून का मसौदा तैयार करने में सभी संबंधित पक्षों और आम जनता को शामिल करना जरूरी है

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कल जयपुर में बजट घोषणाओं के लिए की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने विद्यालय क्रमोन्नति आदर्श विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों और शौचालय निर्माण के लिए त्वरित कार्यवाही करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना का विस्तार करते हुए दसवीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले में मेरिट में आने वाली अनाथ बालिका को स्नातक स्तर पर सहायता के सम्बंध में भी त्वरित आदेश जारी किये जाए घौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति की प्रधान पूजा मीणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है

इसके साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बाडी प्रधान के पद को रिक्त घोषित कर मामला राज्य सरकार को भेज दिया है गौरतलब है कि पूजा मीणा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था हनुमानगढ़ जिले में पिछले दो दिनों में अचानक बदले मौसम से किसानों की परेशानी बढ़ गई है कल तेज हवा चलने के साथ ही कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और ओलावृष्टि हुई कल सुबह से शुरू हुआ ये सिलसिला देर शाम तक रुक रुक कर जारी रहा जिले के गोलूवाला टिब्बी पीलीबंगा और रावतसर क्षेत्र के गांवों और चकों में ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

हैदराबाद अजमेर एक्सप्रेस अब जयपुर तक चलेगी और फुलेरा में भी इसका ठहराव होगा केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड के प्रयासों से ये संभव हुआ है कर्नल राठौड ने इस मामले को लेकर केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर चर्चा की थी

इस प्रदर्शनी में भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिन्द फौज के योगदान की तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही है